राज्य सरकार ने प्रशासन को आवश्यक सेवाओं की जल्द बहाली के दिए निर्देश जनजातीय क्षेत्रों में नौतोड़ व वन मंजूरी के मामलों के निपटारे के लिए ठोस कदम उठाएगी सरकार मौसम प्रदेश के जनजातीय और ऊपरी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी के बाद सामान्य जनजीवन अभी भी बुरी तरह प्रभावित है और लोगों को आने जाने में मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है राजधानी शिमला के अधिकांश अंदरूनी भागों में आज तीसरे दिन भी बसों की आवाजाही बहाल नहीं हो पाई है जिससे लोगों को भारी कठिनाई हो रही है शिमला में वाया लक्कड़ बाज़ार मार्ग अभी भी यातायात के लिए बंद है और सड़क पर भारी बर्फ जमी हुई है पुराने बस अड्डे से न्यू शिमला विकास नगर और छोटा शिमला की ओर छोटे वाहन चल रहे हैं लेकिन सड़क पर फिसलन के चलते जोखिम बना हुआ है राज्य परिवहन निगम के सूत्रों ने बताया कि बीसीएस और विकास नगर के लिए ट्टीकंडी बाईपास से बसों की आवाजाही बहाल कर दी गई है शहर के कई इलाकों में आज भी दूध व ब्रैड जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित रही जबकि कुछ क्षेत्रों में पेयजल किल्लत का सामना भी करना पड़ रहा है शिमला जिले के ऊपरी इलाके आज तीसरे दिन भी दुनिया के अन्य भागों से कटे रहे शिमला में आज भी लोगों को अपने कार्यालयों और अन्य गंतव्यों के लिए पैदल ही जाना पड़ा सड़कों व रास्तों पर फिसलन की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है और गिरने के कारण स्थानीय लोगों व पर्यटकों को चोटे भी आ रही हैं शिमला सोलन मार्ग पर यातायात सामान्य रूप से चल रहा है जबकि शिमला बिलासपुर मार्ग पर भी घंटों ट्रैफिक जाम लग रहा उधर किन्नौर जिले में राष्ट्रीय उच्च मार्ग को पूह तक बहाल कर दिया गया है और जिले में भारी है

लाहौल स्पिति ज़िले में भी भारी बर्फबारी से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है और लोगों को एक से दूसरे स्थान पर जाने में दिक्कत आ रही है कड़ाके की ठंड के कारण पानी की पाईपें जमने से जलापूर्ति बाधित है

भारी बर्फबारी के कारण रामपुर क्षेत्र के अधिकांश मार्ग अवरूद्व हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति ठप्प हो गई है हालांकि भारी बर्फबारी से बागवानों के चेहरे खिल उठे हैं

से भेंट कर जुब्बल कोटखाई क्षेत्र में सड़क बहाली के कार्यो से अवगत कराया

निर्देश मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उपायुक्तों और संबंधित अधिकारियों को बर्फबारी से बाधित आवश्यक सेवाओं को जल्द बहाल करने के निर्देश दिए हैं

मुख्यमंत्री ने कहा कि बर्फबारी वाले क्षेत्रों में सड़कें साफ करने के लिए भारी मशीनरी तैनात की जाए और बिजली आपूर्ति भी जल्द बहाल की जानी चाहिए राढौर इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने राजधानी शिमला और प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी से आ रही मुश्किलों पर चिंता जताई है उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन मुख्य सड़कें बहाल करने में विफल रहा है राठौर ने मुख्यमंत्री से बर्फ से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य तेज करने का आग्रह किया है

पहली उड़ान भुंतर किलाड़ चंबा और दूसरी चंबा किलाड़ चोखंग भुंतर के बीच होगी

ये सभी उड़ानें मौसम पर निर्भर करेंगी

ये विद्यालय भरमौर पांगी और लाहौल में खोले गए हैं मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि जनजातीय क्षेत्रों में नौतोड़ व वन मंजूरी से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा सांसद राम स्वरूप शर्मा व विधायक जगत सिंह नेगी ने भी बैठक में भाग लिया

उन्होंने धर्मपुर से शिमला के लिए सुपरफास्ट बस सेवा को भी हरी झंडी दिखाई उन्होंने कहा कि ये बस सेवा शुरू होने से यात्री कम समय में शिमला पहुंच पाएंगे महेन्द्र सिंह ने अनेक स्थानों पर जन सुनवाई भी की और उनका मौके पर निपटारा किया

ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने आज समर्थ ऊना कार्यक्रम के तहत लमलैहड़ी में बांस उत्पादन परियोजना के शुभारंभ अवसर पर ये जानकारी दी

वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि राज्य सरकार बांस आधारित उद्योगों को बढ़ावा दे रही है और इसके उत्पाद बनाने वाले कारीगरों को प्रोत्साहित किया जा रहा है सत्ती प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा है कि कांग्रेस नेता जनमंच कार्यक्रम को लेकर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री सरकार की लोकप्रियता को देख नहीं पा रहे हैं और इस मुद्दे पर तथ्यहीन बयानबाजी कर रहे हैं सत्ती ने दावा किया कि जनमंच कार्यक्रम लोगों की समस्याएं हल करने का कारगर माध्यम है और हज़ारों लोगों को इसका लाभ मिला है धुमल पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने आज हमीरपुर जिले के जंदडू स्कूल के वार्षिक समारोह में शिरकत की और मेघावी बच्चों को पुरस्कार बांटे उन्होंने बच्चों से नशे से दूर रहकर शिक्षा के साथ साथ अपने जीवन का लक्ष्य तय करने का आह्वान किया